आज गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षान्त समारोह को वीडियो कांफ्रेस के जरिये संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फूटप्रिंट में तीस से पैंतीस प्रतिशत तक कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ रहा है आज देश अपने कार्बन छूटप्रिंट की तीस से पैंतीस प्रतिशत तक कम करने का तस्य तेकर के आगे बढ़ रहा है

प्रयास ये है कि इस दराक अपनी रूर्जा जरूरतों में नेचुरत गैस की हिस्सेदारी को हम चार गुणा तक बढ़ाएगें देश की ओइत रिफाइरिंग कैपेसिटी को भी आने वाले पांच सातों में करीब करीब दो गुणा करने के लिए काम किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में डिग्री हासिल करना युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत बडी चुनौती है लेकिन हमारे विद्यार्थियों की क्षमताएं और योग्यताएं इस वैश्विक चुनौती से कहीं अधिक बड़ी हैं प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नये अवसरों में बदलें

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों वैज्ञानिकों शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की तथा निर्देश दिया कि कोविड वैक्सीन के अनुसंधान विकास और विनिर्माण की समी तैयारियों को सुगम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए

वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर उसके उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों अग्रिम पक्ति के कर्मचारियों और शीत भंडारण की व्यवस्था करने तथा सीरिंज और सुइयों की खरीद की तैयारियां आगे बढ़ च्की है प्रधानमंत्री ने कोविड के उपचार की दवा के विनिर्माण और उसके आपातकालीन प्रयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की श्री मोदी ने निर्देश दिया कि वैक्सीन को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने के लिए समी विनियामक मंजूरी लेने की चरणबद्द योजना तय की जाए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन विकास के व्यापक प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि महामारी की मोजूदा स्थिति को देखते हए कोविड से रोकथाम के उपायों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए तथा मास्क पहनने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का कडाई से पालन होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रॅस के माध्यम से विंध्यांचल क्षेत्र के मिर्जाप्र और सोनमद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत पांच हजार पांच सौ पचपन करोड रुपये से अधिक है परियोजनाओं को चौबीस महीनों में पूरा करने की योजना है इससे इन जिलों की लगभग बयालिस लाख आबादी को लाभ होगा इन सभी गांवों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति और पानी समिति का गठन किया गया है जो संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी परियोजनाओं के आधारशिला आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन समितियों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगे इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे देश में कोविड के छियालिस हजार दो सौ बत्तीस नये मामलों के साथ देश में संक्रमित हए लोगों की क्ल संख्या नबे लाख पचास हजार पांच सौ अन्ठानबे हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच सौ चौसठ लोगों की मृत्यू के साथ ही अब तक कोरोना से एक लाख बत्तीस हजार सात सौ छब्बीस लोगों की मौत हो चुकी है पिछले चौबीस घंटे के दौरान उन्चास हजार सात सौ पन्द्रह लोग ठीक हए जिन्हें मिलाकर अब तक देश में कोरोना के चौरासी लाख अट्ठहत्तर हजार एक सौ चौबीस रोगी ठीक हो चुके हैं ठीक होने की दर तिरान्नवे दशमलव छह सात प्रतिशत हो गई है देश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या चार लाख उन्तालिस हजार सात सौ चौहत्तर है चार दिन का छठ पूजा पर्व आज उदित सूर्य को अर्घय देने के बाद सम्पन्न हो गया छठ पर्व बुधवार को शुरु हुआ था और आज श्रद्वालुओं ने उगते सूर्य को प्रातः अर्घय देकर और छठ प्रसाद ग्रहण कर अपना छत्तीस घंटे लंबा उपवास समात किया इस अनुष्ठान को पारण कहा जाता है